् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लिए अधिक से अधिक जांचें की जाएंगी

्रेलमंत्री पीयूष गोयल आज ढिगावड़ा बांदीकुई इलेक्ट्रिक रेलमार्ग का करेंगे लोकार्पण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

जांच समय पर होने से संक्रमण का फैलाव रोकने में आसानी होती है और रोगी को समय रहते उपचार मिल जाता है

बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में भी सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षणों वाले मरीजों की कोरोना जांच के लिए सैम्पल लेकर सरकारी जांच लैब में भेजे जा सकें इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की जाए मेडिकल स्टोर संचालक भी दवा लेने आए सर्दी खांसी के लक्षणों वाले व्यक्ति को कोरोना जांच कराने के लिए प्रेरित करें उन्होंने मोबाइल वैन के माध्यम से भी सैम्पल एकत्र करने के निर्देश दिए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे लक्षण वाले मरीजों की जांच समय पर हो सके

इस विधेयक के तहत सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल राजनीतिक और सामाजिक आयोजन लोक और निजी परिवहन स्थल समारोह में बगैर मास्क व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे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

उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री ने उन्हें तीन दिसम्बर को बुलाया है

इससे पहले कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी ने ढिगावड़ा बांदीकई और बस्सी कनकपुरा सेक्शन का निरीक्षण किया इस रेल मार्ग के लोकार्पण के साथ ही राजधानी जयपुर में रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी

प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने की पूरीज़ोर कोशिश कर रहे हैं